भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने केन्द्र में नई सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत हासिल कर लिया है लोकसभा की पांच सौ तैंतालीस सीटों में से पांच सौ बयालीस सीटों के लिये हुए चुनाव की मतगणना में एनडीए ने तीन सौ पचास सीटें जीत ली है और एक पर आगे है यूपीए ने नब्बे सीटें जीती ह जबकि कांग्रेस को बावन सीटों पर विजय मिली है अन्य दलों ने एक सौ एक सीटों पर सफलता हासिल की है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी सीट फिर से जीत ली है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट पर पुनः कामयाबी हासिल की है जबकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव जीत गई है

गठबंधन में शामिल बसपा ने दस सीटों पर विजय हासिल की है जबकि समाजवादी पार्टी पांच सीटें ही जीत सकी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राजनाथ सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों को भारी मतों के अंतर से मात दी है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी की सीट पर चार लाख नवासी हजार से ज्यादा मतों से शानदार जीत हासिल की है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पारंपरिक सीट मानी जाने वाली लखनऊ ने एक बार फिर से केन्द्री य गृह मंत्री राजनाथ सिंह में अपना भरोसा जाहिर किया जिन्होंरने गठबंधन की प्रत्यातशी पूनम सिन्हाा को तीन लाख पैंतालीस हजार से ज्यादा मतों से हराया चौंकाने वाले नतीजे अमेठी में दिखे जहां कांग्रेस अध्याक्ष राहुल गांधी को केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी के सामने हार का सामना करना पड़ा केन्द्री य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीत का फिर से रिकॉर्ड कायम किया जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को पांच लाख एक हजार पांच सौ मतों से मात दी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

भाजपा के वरूण गांधी ने पीलीभीत सीट पर और भाजपुरी अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार रविकिशन ने गोरखपुर सीट पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट पर जबकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा के लिए चुने गये हैं प्रदेश में कई सीटों पर कड़े मुकाबले में प्रत्याशियों के हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है इनमें प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोलानाथ सरोज मात्र एक सौ इक्यासी वोटों के अन्तर से जीत सके हैं उन्होंने गठबंधन के बसपा प्रत्याशी त्रिभुवन राम को हराया है इसी तरह मेरठ संसदीय सीट पर कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी राजेन्द्र अग्रवाल जीत की हैट्रिक बनाने में तो जरूर कामयाब रहे हैं लेकिन वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा उम्मीदवार याकूब कुरैशी को महज चार हजार सात सौ उन्तीस मतों से पराजित कर सके वहीं श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा निर्वाचित घोषित हुए हैं इस सीट पर निवर्तमान सांसद दद्दन मिश्रा से कड़े मुकाबले में उन्हें चार लाख इकतालीस हजार सात सौ इकहत्तर वोट मिले हैं जबकि दद्दन मिश्रा को चार लाख छत्तीस हजार चार सौ इक्यावन मत हासिल हुए हैं इन दोनों के बीच जीत का अंतर सिर्फ पांच हजार तीन सौ बीस वोटों का रहा है वहीं भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ऐसे नेताओं में शामिल है जो अब तक आठ बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं वह इस बार बरेली लोकसभा सीट से पुनः निर्वाचित घोषित हुए है उन्होंने गठबंधन के सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को लगभग एक लाख साठ हजार मतों के अन्तर से मात दी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से पांचवीं बार सांसद चुने गये हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को चौरानवे हजार तीन सौ नवासी मतों से हराया है चौंकाने वाली बात यह है कि वह पिछले सभी चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी को लाखों वोटों से हराते रहे हैं जबकि इस बार उनकी जीत का अंतर एक लाख के निशान को भी पार नहीं कर सका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत को लोकतंत्र की विजय बताया है श्री मोदी कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह विजय नये भारत के निर्माण के लिए मिला जनादेश है

देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्ज्ल भविष्य की गारंटी है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आदर्शो का परित्याग नहीं करेंगी

न रूके न थके न झूके और आज दोबारा आ गये दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आये दो थे तब भी निराश नहीं हुए दोबारा आये तो भी न हमारी नम्रता खायेंगे न हमारा विवेक खोयेंगे और न हमारे आदर्शो को छोड़ेंगे न हमारे संस्कार इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा की इस प्रचंड बहुमत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिये कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम चुनाव नतीजों में परिलक्षित हुआ है उन्होंने कहा कि देशवासियों ने यह जनादेश सबका साथ सबका विकास की नीति और राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्ष में दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद आज नई दिल्ली में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं के दशकों का कठिन परिश्रम है

बाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी आम चूनाव में पार्टी की भारी जीत पर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की प्रशंसा की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

प्रधान न्यायाधीश न्याययमूर्ति रंजन गोगोई ने आज उच्चतम न्यायालय के चार नये न्यायाधीशों को शपथ दिलाई न्याययमूर्ति बी आर गवई सूर्यकांत अनिरूद्ध बोस और ए एस बोपन्ना को शीर्ष न्यायालय के कई वर्तमान न्यायाधीशों की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई

जौनपुर जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों के अनुसार यह हादस कल देर रात बख्शा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार के पास उस समय हुआ जब एक ट्रक की विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई सभी मृतक जिले के फूलपुर गांव के रहने वाले थे उधर हरदोई ज़िले के बेनीगंज थाना क्षेत्र के प्रतापनगर चौराहे के करीब एक मकान में विस्फोट होने से एक बालिका की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया विस्फोट की वजह से मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मकान का मलबा हटा कर विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है कांग्रेस ने कल नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे